इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इसी परिप्रेक्ष्य में शहरी पथ व्यवसायियों को राहत पहँचाने के लिए इन्हें अन्दान देने का निर्णय लिया गया है

प्रदेश के चार में से तीन प्रम्ख शहरों में अब नए संक्रमितों की तुलना में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है इंदौर को छोड़ कर भोपाल जबलप्र और ग्वालियर में राहत मिलती दिख रही है

विदिशा जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने माइक्रो कंटेन्मेंट जोन को क्लस्टर कंटेन्मेंट जोन में बदलना शुरू कर दिया है

टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण भी कल से शुरू हो रहा है

मौसम प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है अप्रैल माह की विदाई और मई की श्रूआत तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ हो सकती है मौसम विभाग के अन्सार प्रदेश में आज और कल शनिवार को अधिकतर जिलों में तेज हवा चलने गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय श्क्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर हवा का चक्रवात बना हुआ है विभाग के अन्सार भोपाल समेत मालवा निमाइ महाकौशल ग्वालियर चंबल और विंध्य के जिलों को गर्मी से राहत मिल सकती हैं

श्री प्रष्पवंत ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्य किया